देश भर में अनलॉक का चौथा चरण आज से शुरू

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद कल नई दिल्ली स्थित सेना अस्पताल में निधन हो गया वे चौरासी वर्ष के थे राज्य सरकार ने उनके निधन पर इकतीस अगस्त से छह सितम्बर तक सात दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है इस दौरान किसी राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जायेगा सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इस बीच पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक संदेश का सिलसिला जारी है प्रणब मुखर्जी के निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह और हरखू झा ने गहरा शोक जताया है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर सत्तासी दशमलव सात शून्य प्रतिशत हो गयी यह रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ग्यारह प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में नब्बे हजार चौबीस कोरोना सैम्पल की जांच की गयी जिसमें सिर्फ एक हजार तीन सौ चौबीस पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है पॉजिटिव होने की दर सिर्फ एक दशमलव चार सात प्रतिशत रह गयी है उधर इसी अवधि में दो हजार दो सौ सड़सठ संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं प्रदेश में अब तक एक लाख उन्नीस हजार से अधिक लोग कोविड उन्नीस से ठीक हो चुके हैं इस बीच छह और कोरोना मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या छह सौ चौहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में पटना में एक सौ चौबन भागलपुर में एक सौ पच्चीस नये पॉजिटिव मामलों की प्रष्टि हुई है इसके अलावा मुजफ्फरपुर में बहत्तर मधुबनी में अड़सठ पूर्णिया में पैंसठ गोपालगंज में अंठावन पूर्वी चंपारण और गया में बावन बावन भोजपूर में तैंतालीस मधेपूरा में बयालीस और समस्तीपूर में चालीस नये मामले आये हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की रैकिंग अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गृणवत्ता के आधार पर की जायेगी देशभर में तेईस हजार से अधिक अस्पतालों को आयूष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जे एल मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देशभाल की गुणवत्ता के छह मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है

आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य देखभाल का द्रनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कमजोर वर्ग के लोगों का हर वर्ष पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है देश भर में अनलॉक का चौथा चरण आज से लागू हो गया यह तीस सितम्बर तक प्रभावी रहेगा केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक चार में पहले की तुलना में अधिक छूट दी है इस दौरान इक्कीस सितम्बर से धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक और वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान शर्त के साथ लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है हालांकि अधिकतम सौ लोगों के ही एक स्थान पर एकत्र होने की छूट होगी इस चरण में स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है वहीं राज्यों को अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाने की छूट भी नहीं होगी इधर बिहार के शहरी इलाकों में राज्य सरकार द्वारा घोषित छह सितम्बर तक लॉकडाउन के प्रावधान लागू रहेंगे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए स्वच्छता के महत्व को बताया है साउंड बाईट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से विल्कुल वाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम वाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें वहीं दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस से संक्रमित अधिकतर लोग घर में ही क्वारंटीन होते हैं बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है साउंड बाईट अस्सी प्रतिशत में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं

बिहार विधान सभा चुनाव की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग ने विडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से पटना तिरहुत पूर्णिया और कोसी प्रमंड के जिलों के अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारी की समीक्षा की आयोग ने इन प्रमंडलों के जिलाधिकारियों से ईवीएम की जांच ब्रथों का गठन सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती आदर्श आचारसंहिता का पालन बूथों पर नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिये पटना जिले में विधानसभा चुनाव कार्यों में छियालीस हजार कर्मियों को लगाया जायेगा जिनका डाटबेस तैयार कर लिया गया है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने चुनाव से जुड़े सभी कोषांगों के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने तैयारियों से संबंधित जानकारी चुनाव आयोग को भेजी है जिलाधिकारी ने चुनाव के लिए पटना जिले का लोगो जारी किया इस लोगो में सोशल डिस्टेसिंग के नियमों के पालन करने को प्रोत्साहित किया गया है विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गयी है भाजपा ने केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है और बेहतर परिणाम के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया है केन्द्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद को सोशल मीडिया विज्ञापन और स्लोग्न से जुड़े कार्यों का जिम्मा सौंपा गया है उधर छह सितम्बर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्च्अल रैली को लेकर जदयू कार्यकर्ता सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से वर्चूअल रैली के संबोधन को सुनने की अपील कर रहे हैं केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि भारतीय डाक विभाग ने लॉकडाउन के दौरान छह अरब उनतीस करोड रूपये लोगों के दहलीज पर पहुंचाए हैं इनमें से चार अरब सैंतालीस करोड रूपये आधार सक्षम भूगतान प्रणाली के जरिए बत्तीस लाख लोगों के खातों में अदा किए गए श्री प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार सर्कल की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए कहा कि डाक विभाग ने बिहार में साठ हजार और देश के अन्य भागों में एक लाख से अधिक खाने के पैकेटों का भी वितरण किया उन्होंने कहा कि डाक विभाग ने देश भर में वेंटीलेटरों और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों के अलावा दस हजार एक सौ तैंतीस टन दवाइयां भी लोगों तक पहुंचाई आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिये जेईई की मुख्य परीक्षा आज से छह सितम्बर तक आयोजित की जायेगी नेशनल टेस्टिग एजेंसी एनटीए ने परीक्षा के लिए राज्य में तैंतालीस सेंटर बनाये हैं परीक्षाओं का संचालन कुल बारह पालियों में किया जायेगा इकसठ हजार से अधिक परीक्षार्थी इस बार राज्य में इन केन्द्रों पर परीक्षा देंगे एनटीए ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिये पुख्ता व्यवस्था की गयी है एनटीए ने परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियो के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के फैसले से भर्ती प्रक्रिया में बडा परिवर्तन आएगा उन्होंने कहा कि इससे गांव और शहर दोनों जगह के लोगों को भर्ती का समान अवसर प्राप्त होगा श्री सिंह ने बेहतर भर्ती प्रक्रिया और इस क्षेत्र में बेहतर तौर तरीकों पर बल दिया उन्होंने कहा कि इससे सुशासन ही नहीं बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर सुधार होगा जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की और राज्य में बाढ़ से होने वाली तबाही से उन्हे अवगत कराया मुलाकात के दौरान श्री झा ने विदेश मंत्री को बताया कि नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बिहार को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है श्री झा ने नेपाल में हाई डेम बनाने पर बल देते हुए केन्द्र सरकार से पहल करने की अपील की है विदेश मंत्री ने आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों को पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार राज्यों को है सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाशीधों की संविधान पीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसा करने पर कानून में कोई रोक नहीं हैं कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें इसके लिए एक नीति बनवा कर बॉड भी भरा सकती है पीठ ने कहा कि आरक्षण के जरिए प्रवेश का लाभ लेने वाले के लिए पीजी प्रवेश की परीक्षा न्यूनतम तय अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा संसद का वर्षाकालीन सत्र चौदह सितंबर को शुरू होगा और पहली अक्तूबर को संपन्न होगा लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने लोकसभा का सत्र इस महीने की चौदह तारीख से नौ बजे ब्रलाने को कहा है राज्य सभा भी इसी दिन लेकिन अलग वक्त बैठक करेगी कोविड उन्नीस महामारी की रोकथाम के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दोनों सदनों को अलग अलग समय पर बैठकें शुरू करने को कहा गया है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आठ सौ इक्यासी करोड़ चौबालीस लाख और मनरेगा में सामग्री मद में व्यय के लिए चौरानवे करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में मनरेगा के तहत राज्यांश मद में दो सौ पचास करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है प्रर्वतन निदेशालय ईडी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता ब्रजेश ठाकुर की सपंत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरु कर दी है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में पहले से अटैच की गई संपत्ति को जब्त किया जायेगा ईडी की टीम ने समस्तीपुर के अमीरगंज स्थित मनोरमा लेन आवास पर जब्ती के लिए नोटिस चिपकाया है आज मुजफ्फरपुर में भी ईडी की कार्रवाई हो सकती है गौरतलब है कि ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया है राज्य महिला आयोग ने मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना अंतर्गत फकुली ओपी में महिला दारोगा कविता कुमारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में एसपी से जांच रिपोर्ट तलब की है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणी देवी ने मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक को आरोपित ओपी प्रभारी और प्रशिक्षु दारोगा को आयोग के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया है गौरतलब है कि कविता कुमारी ने महिला आयोग में स्वयं और अपने पति के साथ मारपीट और बदसुलकी की शिकायत की थी आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन

प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक लगाया है प्रणब दा शून्य में विलीन इसी अखबार की दूसरी सुर्खी है अवमानना केस में प्रशांत भूषण पर एक रूपये का जुर्माना दैनिक जागरण की सुर्खी है पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम दैनिक भास्कर ने गृह विभाग के आदेश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है जेईई व नीट के परीक्षार्थियों आने जाने और होटलों में ठहरने में नहीं होगी परेशानी इसके अलावा अखबारों ने गया में नहीं होगा ऑनलाईन पिंडदान सभी बुकिंग रद्द पॉलटेक्निक कॉलेजों में दो सौ सोलह व्याख्याताओं की होगी बहाली तीस सितम्बर तक भर सकते हैं फार्म से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

देश भर में अनलॉक का चौथा चरण आज से शुरू